तीसरे और अंतिम चरण के लिये चुनाव प्रचार अभियान कल हो जायेगा समाप्त

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राजनीतिक चेतना से लेकर सामाजिक मंथन तक तीज त्योहार से लेकर खानपान तक बिहार अद्भुत है यही बिहार की प्राणवायू है यही आत्मनिर्भर बिहार की नींव है प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभ चूनाव प्रचार की रैलियों के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मुझे बिहार में एनडीए की सभी रैलियों में समानता दिखी युवा शक्ति और नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी श्री मोदी ने कहा कि जन धन से लेकर जल मिशन तक बिहार ने विकास के हर कदम पर महत्वपूर्ण पड़ाव तय किये हैं विधानसभा चूनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में सीमांचल कोसी तिरहुत और चंपारण क्षेत्र के अठहत्तर सीटों के लिये सात नवम्बर को मतदान होगा जिन जिलों में मतदान होना है उनमें किशनगंज कटिहार मधेपुरा सुपौल दरभंगा और मधुबनी जिले शामिल हैं वहीं वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान सात नवम्बर को ही होगा तीसरे और अंतिम चरण के लिये सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मिथिलांचल सीमांचल और कोसी क्षेत्र में ध्रआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा ने आज पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के तेजी से विकास के लिये विशेष पैकेज दी है जिससे प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है

श्री कुमार ने कहा कि गांव गांव में पक्की सड़कें बनायी गयी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया उन्होंने महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग लुभावने वायदे कर जनता को गुमराह कर रहे हैं समाज के हर वर्ग के लिये उन्होंने विकास का काम किया है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलने से लोगों को फायदा पहुंच रहा है

वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहरसा में एनडीए के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है जबकि एनडीए भारत के परिवार के विषय में सोचता है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कटिहार में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कदवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के विकास पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया नीतीश कुमार प्रधाानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजनाओं का श्रेय लेकर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मधेपुरा और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित किया मधेपुरा के बिहारीगंज में आज एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी तीन कानून किसान विरोधी हैं उन्होंने केंद्र और बिहार की सरकारों की नीतियों की भी आलोचना की उन्होंने आरोप लगाया कि नए कृषि कानूनों के ब्रे प्रभाव अब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्याज और सब्जियों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद दिनेश कुमार सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण दल से निलंबित कर दिया गया है श्री सिंह को दस दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है गौरतलब है कि श्री सिंह की बेटी कोमल सिंह मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से इस बार लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं श्री सिंह की पत्नी वीणा सिंह वैशाली से लोजपा सांसद हैं इधर पार्टी ने अस्थावां विधानसभा के तैंतीस कार्यकर्ताओं को पार्टी विरोधी कार्य करने पर छह साल के लिये निष्कासित कर दिया है राजद नेता और महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में चूनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर विकास से उपेक्षित सीमांचल और कोसी क्षेत्र में चहुमुंखी विकास कार्यों के लिये सीमांचल विकास आयोग और कोसी विकास आयोग का गठन किया जायेगा उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर दस लाख लोगों को नौकरी दी जायेगी श्री यादव ने कहा कि बिहार के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिले इसके डोमिसाइल लागू करेंगे

भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज समस्तीपुर जिले के प्रसा बिरौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार की सात निश्चय योजना पूरी तरह फेल हो चुका है उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्प् यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिलता है तो तीन साल में बिहार का कायाकल्प कर दिया जायेगा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सरकारी नौकरी में पचास फीसदी आरक्षण भी दिया जायेगा चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आज बताया कि दूसरे चरण में पचपन दशमलव सात शून्य प्रतिशत मतदान हुआ है सबसे अधिक मतदान मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ यहां पैंसठ प्रतिशत से अधिक मतदान रिकार्ड किया गया वहीं पटना जिले के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम पैंतीस दशमलव छह नौ प्रतिशत मतदान हुआ

पटना जिले के पुनपुन में माले और जदयू समर्थकों के बीच हुई झड़प में माले समर्थक प्रमोद दास को गोली मार दी गयी घायल युवक का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी है अब तक दो लाख ग्यारह हजार आठ सौ इकतीस लोग कोरोना से स्वस्थ हो चूके हैं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार छह हजार पांच सौ साठ सक्रिय मरीज हैं इधर राज्य के विभिन्न जिलों से आज कोरोना संक्रमण के पांच सौ इकतालीस नए मामलो की पुष्टि हुई हैं इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उन्नीस हजार पांच सौ पांच हो गई है पटना जिले में सर्वाधिक अंठानवे नये मामले सामने आये हैं मुंगेर में पैंतीस अररिया में इकतीस मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में चौबीस चौबीस मामलों की पुष्टि हुई है वहीं दूसरी ओर नालंदा जिले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सांसद कौशलेन्द्र कुमार कोरोना संक्रमित पाये गये हैं पटना उच्च न्यायालय ने डीएलएड और बीएड डिग्रीधारकों को समान मानते हुए राज्य सरकार को मैरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है न्यायाधीश एके उपाध्याय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इसके आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी

तीसरे और अंतिम चरण के लिये चुनाव प्रचार अभियान कल हो जायेगा समाप्त